एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के परिश्रमी किसान भारत के गौरव है उन्होंने लोगों से किसानों के साथ बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया

कृषि विज्ञान केंद्रों जनसेवा केंद्रो दूरदर्शन डीडी किसान चैनल और आकाशवाणी से इस बातचीत का सीधा प्रसारण किया जाएगा मुंह खुर रोग पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य पशुओं के मुंह खुर रोग पर अगले पांच वर्ष में पूरी तरह नियंत्रण पाना है शिमला में कल उन्होंने कहा कि इसके लिए मुंह खुर रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है

पशु पालन मंत्री ने सभी पशुपालकों से इस निःशुल्क टीकाकरण सेवा का लाभ उठाने की अपील की है

बिलासपुर में आज आयोजित ऐसी ही एक कार्यशाला में उन्होंने बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र को ई निर्वाचन ऐप से जोड़ने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल का आमार जताया सुभाष ठाकुर ने कहा कि ई निर्वाचन प्रबंधन विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के प्रबंधन में बेहद उपयोगी साबित होगा

उपायुक्त विनोद कुमार व पुलिस अधीक्षक मधुसुदन शर्मा ने कल विधिवत पूजा अर्चना कर मेले के आयोजनों का शुभारंभ किया उपायुक्त ने बताया कि मेले के दौरान लगाए जाने वाले भंडारों में थर्माकोल की पत्तल व गिलास इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

बोर्ड को सचिव ने बताया कि रद्द किए गए मूल प्रमाण पत्रों के स्थान पर संशोधित परिणाम सहित नए मूल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

इसी खबर पर दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है केंद्र से मिली करोड़ों की रकम खर्च नहीं कर पाई पंचायत शिमला में अब कंपनी बांटेगी पानी जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के गठन से केंद्रीय मदद का रास्ता साफ दिव्य हिमाचल की खबर है इसी पत्र की एक अन्य खबर है इज़राइल ने पहली बार खरीदा हिमाचली लहसुन राशन डिपो में अब एटीएम कार्ड से निकलवा सकेंगे कैश शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कि पॉस मशीन के लगने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी सुविधा पत्र की एक अन्य खबर है नर्सों की डाइट मनी में तीन गुना बढ़ोतरी डीजीपी रूपिन शर्मा के तबादले पर आपका फैसला लिखता है हिमाचल के बेटे के पक्ष में नागालैंड में जोरदार प्रदर्शन

अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय कांग्रेस का अपना पारा शीर्षक से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि राजनीति के तलबों की पीड़ा अपने विरोधियों के बार से अधिक तकलीफदेह होती है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

नमस्कार